राज्यस्तरीय मुख्य समारोह जयप्र में आयोजित किया गया जहां राज्यपाल कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्चपास्ट की सलामी ली इससे पहले राज्यपाल ने अमर जवान ज्योति पर पृष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया और श्रद्वांजलि दी सवाईमानसिंह स्टेडियम में हुए समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम परेड और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में तिरंगा फहराया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विविधता में एकता हमारी संस्कृति की पहचान है

गणतंत्र दिवस पर जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया

प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाडिया स्टेडियम में जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने ध्वजारोहण किया

भरतपुर के पुलिस परेड मैदान में पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली

झालावाड में जिला कलेक्टर सिद्वार्थ सिहाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया पाली के बांगड स्टेडियम में कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी ली

इस सीट पर मुख्य रूप से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और बहजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही के बाद उनके कोटा और जयपुर स्थित आवास पर भी जांच की जा रही है

इसके साथ ही स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ का संदेश भी गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि सैन्य अधिकारियों की इस डेजर्ट कैमल सफारी की शुरूआत जसाई सैन्य स्टेशन से हुई

जयपुर के डिगी पैलेस में चल रहे पांच दिवसीय साहित्य कुंभ में आज छुट्टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी शामिल हुए

झालावाड़ सिरोही और शेखावाटी अंचल में कई स्थानों पर शीतलहर का प्रकोप जारी है धूप नहीं निकलने और बादल छाये रहने से सर्दी का अहसास बढ़ गया है

चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि कंपकपाने वाली इस ठंड से बचने के लिए लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं

भरतपुर में आज पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की

सभी मृतक भुसावर के एक ही परिवार के थे अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में डाई नदी में बजरी खनन के दौरान जैन प्रतिमाएं मिली हैं इसके बाद सैंकड़ों धर्मावलम्बी मौके पर पहंचे और मूर्तियों को जैन मंदिर में रखवाया